अमित शाह ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को फल वितरित किए और स्वच्छता अभियान में शामिल होकर सेवा सप्ताह अभियान शुरू किया इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता रक्तदान करने के अलावा मरीजों को राहत व सहायता उपलबध कराने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में भी जाएंगे पार्टी के सांसद विधायक और अन्य प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे लोगों को स्वच्छता अभियान जल बचाओ और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने से जुड़ी तीन प्रतिज्ञाएं दिलाई जाएंगी

इनमें से चार हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र इस साल खोले जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई के उद्घाटन के बाद यह जानकारी दी नाइक ने आशा व्यक्त की कि यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई देश के विभिन्न भागों से सफदरजंग अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए यूनानी और सिद्व प्रणालियों के जरिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा नाइक ने कहा कि सरकार आयुष चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में रुचि ले रही है उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलेगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने ये भूमि आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है उन्होंने आज शिमला में कहा कि द्वारका में अतिथि गृह बन जाने पर प्रदेश के लोगों विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में ठहरने की एक और सुविधा उपलब्ध हो जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस अतिथि गृह पर शीघ्र ही काम आरम्भ करेगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से देश के विभिन्न स्थानों पर हिमाचल की सम्पत्तियों का विस्तार हो रहा है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन में पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने और शहर की ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके डॉक्टर बिंदल आज नाहन में ऐशियन विकास बैंक और आईडी आई पीटी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि नाहन शहर में ऐशियन विकास बैंक की मदद से प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों के उत्थान के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा में जारी आरोप पत्र की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस पत्र में मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं इसलिए इस पत्र की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि आरोप किसने लगाए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसमें लगाए गए आरोप महत्वपूर्ण हैं उन्होंने ये भी कहा कि इस आरोप पत्र से साबित हो गया है कि भाजपा में अंदरखाते बड़े पैमाने पर अंतर्कलह चल रही है और भाजपा तीन गुटों में बंट चुकी है

इस कैंप में देश के सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों से प्रशिक्षण प्राप्त किया हिमाचल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष केके शर्मा और महासचिव राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले इन दोनों खिलाड़ियों को एसोसिएशन सम्मानित करेगी क्रिकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज का पहला मैच कल धर्मशाला स्थित एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों ही टीमों ने आज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सुबह के सत्र में जबकि भारतीय टीम ने दोपहर बाद के सत्र में अभ्यास किया